मुख्य रूप से सुशासन और गरीबों के कल्याण की नीतियों पर विचार किया जायेगा

ऐसा माना जा रहा है कि यह बैठक भाजपा शासित राज्यों में कल्याणकारी कामों को बढ़ावा देगी इस एकदिवसीय बैठक में विभिन्न राज्यों के उपमुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे आगामी लोकसभा चुनाव और तीन राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है

ये नियम पहली दिसम्बर से लागू होंगे नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रमु ने कल नई दिल्ली में बताया कि इन नियमों के अनुसार ड्रोन केवल दिन के समय और अधिकतम चार सौ फूट की ऊंचाई तक इस्तेमाल किए जा सकेंगे

श्री प्रमु ने बताया कि इन प्रगतिशील नियमों से ड्रोन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मतदाताओं को मतदान केंद्रो पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी श्री भगत ने कहा कि खासकर दिव्यांगों के लिए विभाग सभी मतदान केंद्रों पर अनिवार्य रूप से रैंप की व्यवस्था के साथ व्हील चेयर और वॉलेंटियर लगायेगा उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रो पर पेयजल व्यवस्था बिजली की आपूर्ति महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था और दिव्यांगों के लिए रैंप जैसी कई सुविधाए उपलब्ध कराई जायेगी श्री भगत ने बताया कि प्रदेश के अधिकतर मतदान केंद्र इन सुविधाओं से युक्त हैं जिन मतदान केंद्रों पर किसी भी तरह की कोई कमी रहती है उन्हें समय रहते दुरुस्त करा लिया जाएगा

कल नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो गई है

इधर जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने इस साल छात्रसंघ चुनाव के लिए तीन बड़े बदलाव किए हैं

विश्वविद्यालय के छात्रसंघ संविधान समिति की कल हुई बैठक में ये फैसला लिया गया

संकल्प रैली में प्रदेश ँअध्यक्ष सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस नेता भाग ले रहे है

पुलिस अधीक्षक योगेश दाधीच ने बताया कि स्थिति का जायजा लेने के लिये पुलिस और प्रशासन ने शहर का दौरा किया

रेलवे बोर्ड ने इन श्रमिकों को इन योजनाओं के तहत पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं अजमेर में रेल मंडल कार्यालय और कारखानों के प्रबंधकों ने ऐसे श्रमिकों की सूची रेलवे बोर्ड को भेज दी है

इनमें पाली श्री गंगानगर नागौर कोटा जयपुर भीलवाड़ा जोधपुर और बाड़मेर डेयरी प्लाण्ट शामिल हैं गोपालन मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि राज्य में डेयरी प्लाण्ट के आधारभूत और तकनीकी विकास के जरिये डेयरी को बढ़ावा दिया जा रहा है